राज्य में सड़क हादसों में घायल होने वाले पशुओं के इलाज के लिए पशु रेस्क्यू वाहन सेवा शुरू

मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश संकट की घड़ी में केरल और बाढ़ प्रभावित अन्य इलाकों के लोगों के साथ खड़ा है आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अपने जज्बे और अदम्य साहस के बल पर केरल शीघ्र ही फिर से उठ खड़ा होगा आज इन कठिन परिस्थितियों में पूरा देश केरल के साथ खड़ा है हमारी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को गँवाया है जीवन की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती लेकिन मैं शोक संतप्त परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सवा सौ करोड़ भारतीय दुःख की इस घड़ी में आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खड़े हैं राहत और बचाव कार्य में सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी श्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जांबाज़ों ने बचाव अभियान में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है श्री मोदी ने कहा कि देश ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कर अपना संकल्प प्रा किया है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया जिससे इन समुदायों के हितों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पारित कर कठोरतम सजा का प्रावधान जोड़ा है बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार तीन में इंक्यानवां संशोधन अधिनियम लाने के लिए राष्ट्र सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा

पहला बदलाव यह हुआ कि राज्यों के मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा की कुल सीटों के पंद्रह प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया गया दूसरा बदलाव यह हआ है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत तय सीमा एक तिहाई से बढ़ाकर दो तिहाई कर दी गई और दल बदल करने वालों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी निर्धारित किए गए प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे ज़रूर खेलें और अपनी सेहत पर खास ध्यान दें क्योंकि स्वस्थ भारत से ही सम्पन्न और समुद्ध भारत का निर्माण होगा आज संस्कृत दिवस का ध्यान दिलाते हुए श्री मोदी ने संस्कृत की महान धरोहर को सहेजने और संवारने से जुड़े उन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट किया जो आम जन तक इसे पहंचाने के लिए प्रयासरत हैं पशु वाहन सेवा प्रदेश में सड़क हादसों में घायल होने वाले पशुओं के इलाज के लिए पशु रेस्क्यू वाहन सेवा शुरू की गई है पशुधन विकास मंत्री बुजमोहन अग्रवाल ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि गौ वंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह सेवा उपयोगी साबित होगी इससे पशुधन की हानि रोकने में भी मदद मिलेगी इस वाहन के जरिये घायल पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सालय या गौशाला तक ले जाया जाएगा मुख्यमंत्री ओपी चौधरी मुख्यमत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी के इस्तीफे पर कहा है कि अभी उनका इस्तीफा मंजूर हआ है इस मंसले पर उनकी श्री चौधरी से कोई बात नही हुई है आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि श्री चौधरी ने राजनीतिक पारी खेलने के लिए नौकरी से इस्तीफा दिया है गौरतलब है कि ओपी चौधरी ने कल आईएएस पद से इस्तीफा दे दिया था

कार्निया दृष्टिहीन रहित राज्य बनाने के लिए दस सितंबर से तीन चरणों में विशेष अभियान चलाया जाएगा इससे प्रदेश में करीब नौ सौ दृष्टिहीनों की आंखों को रोशनी मिल सकेगी स्वास्थ्य संचालक आर प्रसन्ना ने बताया कि कार्निया प्रत्यारोपण के लिए तीन शासकीय मेडिकल कॉलेज और चार निजी अस्पतालों को चिन्हांकित किया गया है उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में कार्निया दृष्टिहीन व्यक्तियों की सभी जिलों से सूची मंगाई जाएगी इन मरीजों का आवंटन सभी सात नेत्र प्रत्यारोपण केंद्रों को किया जा रहा है दूसरे चरण में इन मरीजों का नेत्र परीक्षण कराया जाएगा और तीसरे चरण में चयनित मरीजों के कार्निया का प्रत्यारोपण किया जाएगा

यह पखवाड़ा आठ सितंबर तक चलेगा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री श्री अग्रवाल ने नेत्रदान के प्रति जन जागरूकता लाने अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही उन्होंने कहा कि नेत्रदान का संदेश हर घर में पहुंचना चाहिए इससे लोग नेत्रदान का महत्व समझेंगे इस अवसर पर सेवा सामाजिक संस्थान और विगर फॉउण्डेशन द्वारा निःशुल्क नेत्र रोग निदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन आज देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है राखी बहन के प्रति भाई के प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षासूत्र बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उपहार देता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है रक्षाबंधन का यह पर्व छत्तीसगढ़ में भी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उनके निवास में महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साह प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय की कमला बहन और वनवासी कल्याण आश्रम के बच्चियों ने राखी बांधी मुख्यमंत्री ने सभी बहनों का स्वागत करते हुए उनका मुंह मीठा कराया और उन्हें रक्षा बंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी वहीं रायपुर केंद्रीय जेल सहित प्रदेश के अन्य जेलों में भी आज सुबह से ही बहनों की भीड़ नजर बांधी

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में उन्होंने स्मार्ट फोन में जियो से जियो एक महीने की मुफ्त कॉल की सुविधा देने की बात कही उल्लेखनीय है कि संचार क्रांति योजना के तहत प्रदेश में पचास लाख स्मार्ट फोन बांटे जा रहे हैं

मिली जानकारी के अनुसार यह माओवादी पिछले कई वर्षों से प्रतिबंधित माओवादी संगठन मलागारी एरिया कमेटी में जनमिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय था आत्मसमर्पित माओवादी को दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई इधर कबीरधाम जिले के झलमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोल्दा गांव में माओवादियों ने आज एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुजूर ने बताया कि जीरो बजट नेच्रल फार्मिंग छत्तीसगढ़ के लिए नई योजना है नेच्रल फार्मिंग का जहरीले रासायनिक क्रषि उत्पादों के दुष्प्रभावों और खेती किसानी में उत्पादन लागत को कम करने में इसका विशेष महत्व है श्री कुजूर ने आंध्रप्रदेश में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का अवलोकन कराने और प्रशिक्षण देने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश कृषि अधिकारियों को दिए मौसम दक्षिण छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर तटीय ओडिशा क्षेत्र पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसके असर से प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में रूक रूककर बारिश होती रही संक्षिप्त समाचार बेमेतरा जिले के ग्राम अमोरा निवासी एक युवती की डेंगू से मौत होने की खबर है इस युवती का इलाज भिलाई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था जांजगीर चांपा जिले के पचरी गांव में सर्पदंश से एक बच्चे की मौत हो गई